मुख्यमंत्री ने आगामी ठण्ड के मौसम को देखते हुए रैन बसेरो की व्यवस्था दुरूस्त के दिए निर्देश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

उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन से विद्यार्थी किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उनका व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान भी समृद्व होगा नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिये राज्य सरकार के समी संबंधित विभागों ने कार्रवाई शुरू कर दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग पचास लाख की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन काया कल्प के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये महानिदेशक बेसिक शिक्षा का पद सृजित किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन बनाया गया है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है इसी तरह उच्च शिक्षा को भी सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर कदम उठाये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को समी जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़ा गया है

उन्होंने कहा कि फीस को नियंत्रित करने के लिये शुल्क विनियमन अधिनियम लागू किया गया है भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने कल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन तथा भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है इस समझौते के अंतर्गत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों को डीडी सह ब्रांड चौनल के रूप में इक्यावन डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल उपलब्ध होंगे इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण और द्रदराज के क्षेत्रों में हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाना है देश के प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकारी प्रतिबद्वता के तहत यह चौनल चौबीस घंटे निःशुल्क उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी ठण्ड के मौसम को देखते हए रैन बसेरो की व्यवस्था दुरूस्त कराकर रहने योग्य बना दें उन्होंने कहा कम्बल और विस्तर की खरीद के लिए टेण्डर की प्रक्रिया समय से पूरी कर ली जाय श्री योगी अधिकारियों से यह भी कहा कि महिलाओं के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाये श्री योगी ने कल गोरखपूर के गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में यह बात कही उन्होंने कहा कि रैन बसेरो में शौचालयों की व्यवस्था भी दुरूस्त रखी जाय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यो की भी समीक्षा की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन दर्शकों का अनुमान लगाने वाली रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेंपटी इस समिति के अध्यक्ष होंगे आई आई टी कानपुर में गणित और सांख्यिकी विमाग में सांख्यिकी के प्रोफेसर शलम सी डॉट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजक्मार उपाध्याय और डिसीजन साइंसेज सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष इस समिति के सदस्य होंगे राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने अपने तीन दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान कल काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ कॉरीडोर धाम का निरीक्षण किया

देश में छिहत्तर लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर बान्नबे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले छत्तीस घंटे के दौरान तिरपन हजार लोग कोरोना से ठीक हुए जबकि छियालिस हजार नए मरीज सामने आए रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के छः दशमलव पांच प्रतिशत से भी कम हो गई है देश में इस समय करीब पांच लाख तैंतीस हजार कोरोना के मरीज हैं सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत रह गई है देशमर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केन्द्र द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड सम्बन्धी समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के साथ ही चिकित्सकों और कोरोना योद्वाओं के संयुक्त प्रयास से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है

वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के बाईस हजार छह सौ छिहत्तर सक्रिय मामले हैं प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक क्मार ने कल बताया कि राज्य में पिछले छत्तीस घंटे में कोरोना से संक्रमित दो हजार एक सौ सड़सठ नये मामले सामने आये हैं उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में कुल डेढ करोड़ से अधिक सैम्पलों की जांच हो चुकी है उन्होंने बताया फोकस सैम्पलिंग अभियान के तहत कल इलेक्ट्रानिक द्कानों एवं व्हैकल शोरूम के समस्त कर्मचारियों की जांच करके कोविड संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है

अभियान के अन्तर्गत सचल प्रदर्शनी को फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और जरा सी भी लापरवाही बरतने पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दो गज की दूरी मास्क और अपने हाथों की साफ सफाई बहुत जरूरी है इस अवसर पर विमाग के सहायक निदेशक आरिफ हुसैन रिजयी ने कहा कि दस दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सचल प्रदर्शनी बैनर पोस्टस स्टीकर हैण्डबिल्स सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगितायों के माध्यम से जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक किया जायेगा चौदहवीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इकत्तीस जनवरी दो हजार इक्कीस को आयोजित की जाएगी इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल पांच जुलाई को पूरे देश के एक सौ बारह शहरों में होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब एक सौ पैंतीस शहरों में आयोजित की जाएगी नए परीक्षा केन्द्रों में लखीमपुर नागांव बेगूसराय गोपालगंज पूर्णिया रोहतास बिलासपुर हजारीबाग जमशेदपुर लुधियाना अंबेडकरनगर बिजनौर बुलंदशहर गोंडा मैनपुरी प्रतापगढ़ शाहजहांपुर सीतापुर और उघमसिंह नगर शामिल हैं